मुख्यमंत्री शिमला में होटल एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को भरपूर तरीके से नवाजा है और इसका पर्यटन के नजरिए से दोहन करने की आवश्यकता है

मुख्य न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मचंद चौधरी ने कहा कहा है कि लोकतंत्र में न्यायालय और मीडिया की भूमिका अहम है न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लाहौल स्पीति की गोंदला पंचायत में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधान पालिका कार्य पालिका न्याय पालिका और मीडिया से अपनी भूमिका बिना दवाब व निष्पक्ष होकर निभाने की अपील की उन्होंने मीडिया से सनसनी फैलाने वाली खबरों से बचने को भी कहा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने लोक अदालतों को आम आदमी के लिए त्वरित व सस्ते न्याय का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बताया उन्होंने प्राधिकरण को वन अधिकार अधिनियम और पोक्सो एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा शिविरों के आयोजन को कहा शहीद पूर्वी भूटान में बीते रोज हैलिकॉप्टर हादसे में पालमपुर के ननाओं गांव के रहने वाले फ्लाइंग कमांडर रजनीश कुमार शहीद हो गए हैं इस हादसे में एक अन्य प्रशिक्षु पायलट की भी मौत हो गई प्लाइंग कमांडर रजनीश कुमार के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है शहीद रजनीश कुमार की पार्थिव देह कल उनके गांव पइंचेगी और कल ही उनका पूरे राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पायलट रजनीश कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधाप्रसारण होगा एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम लूहरी और धौलासिद्ध पनविद्युत परियोजनाओं पर अगले छः महीने में काम आरंभ कर देगा यह बात निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही उन्होंने कहा कि लुहरी पनविद्यत परियोजना अब तीन चरणों में बनेगी जिसमें एक भी सुरंग नहीं होगी यह रन ऑफ द रिवर प्रोजैक्ट होगा उन्होंने कहा कि इस परियोजना की पूरी डीपीआर बदल दी गई है और अब एक भी व्यक्ति इस परियोजना के निर्माण से विस्थापित नहीं होगा

उन्होंने कहा कि निगम ने प्रदेश सरकार से राज्य की ज्यादा से ज्यादा पनविद्युत परियोजनाएं एसजेवीएन को आबंटित करने का आग्रह किया है और इसमें निगम को काफी सफलता भी हाथ लगी है मौसम प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी समाचार है मौसम में आए इस बदलाव से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम ठंड का असर बढ़ गया है और लोगों को अभी से ही गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़ गए हैं राजधानी शिमला में आज दोपहर बाद जोरदार वर्षा हुई मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा तथा ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है विभाग ने आज राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की हिमाचल दिवस मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने गत शाम पहली बार हिमाचल दिवस का आयोजन किया गया